स्टेडियम पहुंचने पर नमस्ते ट्रम्प समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित करने के बाद मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पहंचे आश्रम में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया का हाथ से कते सूत की माला से स्वागत किया गया वहां राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी पत्नी ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के प्रतीक चरखे पर सूत काता राष्ट्रपति ट्रम्प दो दिन की भारत यात्रा पर हैं उनके साथ उनकी पुत्री इवांका ट्रम्प और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी आये हैं अहमदाबाद के सरदार पटेल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी पत्नी की अगवानी की उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया फिर दोनों नेतओं ने बाईस किलोमीटर लम्बे भव्य रोड शो में हिस्सा लिया अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के बाद श्री ट्रम्प और उनका काफिला ताजमहल देखने के लिये आगरा पहुंचा राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति ट्रम्प की अगवानी की इस मौके पर मोरपंख लगाये कलाकारों ने ढोल और नगाड़ों की थाप पर श्री ट्रम्प का स्वागत किया अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ने ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया इसके बाद श्री ट्रम्प का काफिला शिल्यग्राम के रास्ते होटल के लिये खाना हुआ हमारे संवाददाता ने बताया कि होटल तक बारह किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर हजारों स्कूली बच्चे हाथों में अमेरिका और भारत के ध्वज फहरा रहे थे सड़क के दोनों ओर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया के स्वागत के लिए होर्डिंग और कटआउट लगाए गए थे श्री ट्रंप अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो ताजमहल देखने पहुंचे हैं इससे पहले अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी ताजमहल गए थे राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में बातचीत करेंगे

मुख्यमंत्री कल अयोध्या में आरोग्य मेले के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह तक राज्य में केवल बारह मेडिकल कालेज थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले तीन वर्षों में अट्ठाइस नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं उनके लिए भी सरकार नीति तैयार कर रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी शुरूआत की थी योजना के अन्तर्गत दो हजार रूपये की तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जाते हैं शुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझोले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत अब तक पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है वहीं इस योजना से अब तक आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा मिल चुका है

बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि कुआनो नदी पर बनने वाले इस पुल की कुल लागत चौदह करोड़ रुपए आएगी और इसका निर्माण एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा पुल बनने के बाद बस्ती जनपद का बभनान गौर हलवा क्षेत्र बस्ती जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा मिर्जापुर जनपद के सभी दो सौ तिरसठ आंगनबाड़ी उपकेंद्रों पर आज बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सुपोषण स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने उपकेन्द्रों पर आमंत्रित कर उन्हें पोषण से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जिला कार्यक्रम अधिकारी पी के सिंह ने बताया कि कोन विकास खण्ड के तिलठी में आयोजित सुपोषण स्वास्थ्य मेले में आज तकरीबन पांच सौ बच्चों का टीकाकरण किया गया उन्होंने बताया कि मेले में एक हजार दो सौ से अधिक गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया गया और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए विस्तार से जानकारी दी गयी